केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाया

चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई उच्च न्यायालय में अपील करेगी इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह समेत सात लोगों को विशेष अदालत द्वारा आरोपित बनाया गया है अदालत ने इन सभी लोगों को आरोपी बताते हुए सम्मन जारी कर अठाईस मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है वहीं मुख्य सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन आज विधान सभा में जल संसाधन विभाग योजना एवं विकास विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग का बजट पेश किया जायेगा इसके साथ ही राज्य के पंचायत भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने और उचित रख रखाव की व्यवस्था करने के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचनाओं को कार्यवाही में शामिल किया गया है अररिया लोकसभा और जहानाबाद तथा भभुआ विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज भभुआ और जहानाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन अररिया लोकसभा क्षेत्र में कई सभाओं को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे इन सभी चुनाव क्षेत्रों में कल शाम पांच बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जायेगा मतदान ग्यारह मार्च को होगा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में धांधली करने के आरोप में सीबीआई ने बिहार के दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है इन सभी पर आरोप है कि आयकर विभाग में आशुलिपिक और एमटीएस पद के लिए हुई बहाली में अपनी जगह दूसरे को बैठा कर परीक्षा दी थी ये परीक्षा वर्ष दो हजार बारह से दो हजार चौदह के बीच आयोजित की गयी थी इधरएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का पटना में प्रदर्शन जारी है सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक जांच के दौरान कल पटना में पांच फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है लिखित परीक्षा में इनके बदले दूसरे परीक्षार्थी शामिल हुए थे उन्नीस फरवरी से सिपाही भर्ती की शारीरिक जांच परीक्षा ली जा रही है इस दौरान अब तक एक सौ पचास से अधिक फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है दवा बनाने और बेचने के लिए लाईसेंस प्रक्रिया पन्द्रह अप्रैल से ऑनलाईन होगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में पटना में एक कार्यशाला में यह जानकारी दी गयी प्रधान सचिव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पन्द्रह अप्रैल से निश्चित रूप से सभी प्रकार की दवा के लिए लाईसेंस की प्रक्रिया ऑनलाईन शुरू हो जायेगी दवा से जुड़े राज्य के व्यापारी लाईसेंस के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षार्थियों को दस मार्च तक पचास प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आपाति दर्ज कराने का अवसर दिया है इसके लिए पचास प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को समिति की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा इधर समिति ने इंटर की कॉपी का मूल्यांकन में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चौबीस घंटे के भीतर अगर शिक्षक मूल्यांकन के लिए योगदान नहीं करते हैं तो ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी भारत संचार निगम लिमिटेड अपने ग्राहकों को निःशुल्क सिम देगा आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बीएसएनएल की ओर से पटना शहरी क्षेत्रों के बीस और ग्रामीण इलाकों के चालीस स्थानों पर शिविर लगाकर आज सिम का वितरण किया जायेगा बीएसएनएल के महाप्रबंधक सत्यानंद राजहंस ने बताया कि बेसिक फोन की बुकिंग ब्राडबैंड की बुकिंग और बकाया राशि का समायोजन भी किया जायेगा इसमें ग्राहकों को पचास प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए में दो प्रतिशत बढोतरी को मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि पेंशनधारियों को इस वर्ष पहली जनवरी से डीए की अतिरिक्त किस्त जारी की जाएगी आज विश्व महिला दिवस है इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक विशेष समारोह में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे इस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार के लिए तीस व्यक्तिगत और नौ संस्थागत पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है महिला विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति के दम पर भारत आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि आज भारत का मंत्र है महिलाओं के नेतृत्व में विकास इस अवसर पर राज्य में सरकारी गैर सरकारी और सामाजिक संगठनों द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय राज मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोग अब आपात स्थिति में टॉल फ्री नम्बर एक शून्य तीन तीन डायल कर मदद मांग सकते हैं साथ ही मोबाईर एप्प सुःखद यात्रा के जरिए सड़क और टॉल प्लाजा पर विलंब के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त कर सकेंगे केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकारी ने कल नई दिल्ली में इस एप्प की शुरूआत की है इसके जरिए यात्री सड़क की गुणवत्ता और आगे किसी तरह के संभावित अवरोध को लेकर भी जानकारी ले सकेंगे छत्तीसगढ़ के कांकड़ जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में बिहार के एक जवान समेत दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गये शहीद जवान अमरेश का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना अंतर्गत केशोपुर हाट चौक के पास देर रात बारातियों से भरे एक वाहन के दूसरे वाहन से हुई सीधी टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों में चार की हालत गंभीर बनी हुई है पाटियाला में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय साफ्ट बॉल टेनिस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने चौथा स्थान प्राप्त किया है सेमीफाइनल में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को मेजबान पंजाब विश्वविद्यालय ने दो शून्य से पराजित किया था इसके बाद तीसरे स्थान के प्ले ऑफ मैच में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से पराजित हो गया वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार फुटबॉल संघ की ओर से महिला फुटबॉलरों के लिए आज से फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने चारा घोटाला मामले में बिहार के मुख्य सचिव समेत सात लोगों को आरोपित बनाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सीबीआई हाईकोर्ट में अपील करेगी न्यायालय ने कहा एक माह में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करें एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है एसएससी में धांधली से पास बिहार के दस पर केस प्रभात खबर ने लिखा है सीबीआई की विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने दिया नोटिस अंजनी वीएस दूबे डीपी ओझा को आरोपित बनाने के नोटिस को चुनौती देगी सीबीआई दैनिक जागरण ने राज्यसभा चुनाव की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है रविशंकर प्रसाद बिहार और जेटली उत्तर प्रदेश से जायेंगे राज्यसभा अखबार ने एक अन्य खबर में लिखा है नीट समेत राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए आधार जरूरी नहीं दैनिक भास्कर का शीर्षक है दरभंगा में दोहरे हत्याकांड पच्चीस माह बाद आया अदालत का फैसला दो इंजीनियरों की हत्या में संतोष झा मुकेश पाठक समेत दस को उम्र कैद

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाया